प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरदार बल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता संवेदनशीलता और राजनीतिक कौशल के कारण ही देश एक सूत्र में बंधा है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

ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुम्बी प्रतिमा है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

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समूचा विश्व और विशेष रूप से पश्चिमी देश पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश में लगे हैं बाईट प्रधानमंत्री वैसे आज हमारा भारतवर्ष भी इस समस्या से अछूता नहीं है लेकिन इसके हल के लिए हमें बस अपने भीतर झाँकना है अपने समृद्ध इतिहास परंपराओं को देखना है और खासकर अपने जनजातीय समुदायों की जीवनशैली को समझना है प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर के रहना हमारे आदिवासी समुदायों की संस्कृति में शामिल रहा है हमारे आदिवासी भाई बहन पेड़ पौधों और फूलों की पूजा देवी देवताओं की तरह करते हैं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

आप सभी देशवासियों को इन सभी त्योहारों की ढ़ेर सारी शुभकामनाएँ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 भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगले लोकसभा चुनाव के लिए मुसलमानों के पसंदीदा उम्मीदवार हैं श्री हुसैन ने नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है उन्होंने देश के मुसलमानों में गरीबी और पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार में उन्हें न्याय मिला है श्री हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सभी एक सौ बत्तीस करोड़ लोगों को सिर्फ भारतीय के रूप में देखते हैं जबकि अन्य पार्टियां उन्हें वोट बैंक के रूप में देखती हैं प्रवर्तन निदेशालय ने आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार की दिल्ली स्थित दो और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया है इधर आयकर विभाग ने लालू परिवार की अब तक सत्रह बेनामी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग एक सौ अठाईस करोड़ रुपये बतायी गयी है नालंदा जिले के भागनबिगहा ओपी क्षेत्र के बब्रबन्ना गांव के पास आज अपराधियों ने एक प्रोफेसर की गोली मार कर हत्या कर दी मृतक स्थानीय पहड़पुरा स्थित निजी कॉलेज पैरू महतो सोमरी कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है

श्री टंडन ने यह बातें राजधानी पटना के तारामंडल सभागार में संस्कृत और हिन्दी के विद्वान आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहीं राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति अनेक आक्रमणकारियों के प्रहारों को झेलकर आज भी सतत विकासमान है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपनी श्रुआत के साथ ही प्रदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है

आकाशवाणी समाचार के लिए आरा से मुकेश कुमार सिन्हा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय कहा है कि प्रदेश सहित देश को दो हजार पच्चीस तक टीबी से मुक्त करा लिया जाएगा श्री पाण्डेय ने नीदरलैंड के हेग मे आयोजित हेल्थ कांफ्रेस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए तम्बाकू पर नियंत्रण के उपाय किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि जागरूकता के कारण बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालो का आंकड़ा तिरपन दशमलव पांच प्रतिशत से घटकर पच्चीस दशमलव नौ प्रतिशत पर पहुंच गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश के तेइस जिलों के दो सौ छह सूखाग्रस्त प्रखंडों के किसानों को फसलों के नूकसान की भरपाई के लिए कृषि इनप्रट सब्सिडी दी जाएगी उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा रणजी ट्रॉफी के लिए प्रज्ञान ओझा की कप्तानी में बिहार क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गयी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार टीम अपना पहला मुकाबला एक नवंबर को उतराखंड के खिलाफ खेलेगी गौरतलब है कि झारखंड से अलग होने के अठारह साल बाद रणजी ट्रॉफी में बिहार की टीम खेलेगी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार और त्रिपुरा के बीच खेली जा रही विजय मर्चेट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मैच के दूसरे दिन बिहार ने त्रिपुरा को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया बिहार की पहली पारी में दो सौ पचानवे रन के जवाब में त्रिपुरा की पहली पारी इकहत्तर रनों पर सिमट गयी फॉलो ऑन खेलते हुए त्रिपुरा ने पांच विकटों के नुकसान पर अड़तालीस रन बनाए हैं प्रदेश में आज जमूई सीवान और सारण जिलों में अलग अलग हुई सडक दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं तेरह अन्य घायल हो गये गया सीवान और दरभंगा जिले में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने तीन लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा में प्रवेश के दौरान आवर्जन की टीम ने पासपोर्ट और वीज़ा दस्तावेज में गड़बड़ी के आरोप में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है अररिया जिला के सिमराहा थाना क्षेत्र के झिरिया प्रवारी में पूलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से आठ सौ बोतल प्रतिबंधित सिरप बरामद किया है